लोकसभा विपक्ष के वॉक आउट के बीच इसे पारित कर चुकी है विधेयक में एक बार में तीन तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को अमान्य और गैरकानूनी बनाने का प्रावधान है इसके लिए तीन वर्ष तक की जेल सजा हो सकती है कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद विधेयक पेश करेंगे शुक्रवार को श्री प्रसाद ने कहा था कि विधेयक को राज्यसभा में आवश्यक समर्थन मिलेगा हालांकि राज्यासभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की पर्याप्त संख्या नहीं है इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है कांग्रेस ने कहा है कि वह विधेयक को इसके मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने देगी मुख्मंत्री बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं की घोषणा अब मंत्री नहीं बल्कि अधिकारी करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार छिन्दवाड़ा पहॅचे कमलनाथ ने ये बात कहीं इस दौरान मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया हवाईपट्टी पर श्री नाथ ने पत्रकारों से कहा कि छिदवाडा और यहां के लोग उनके दिल के बहत करीब है उन्होंने कहा कि वे जो कुछ भी है इन्ही की वजह से है और इसलिए यहां के लोगों का आभार प्रकट करने आये है मुख्यमंत्री हवाईपट्टी से जनआभार रैली के लिये खुले वाहन में सवार होकर निकले दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छिदवाडा में पहले सड़क ट्रेन और उद्योग कुछ नहीं था लेकिन अब सब कुछ है

विशेष दल ने देवास औद्योगिक क्षेत्र में भ्रमण कर पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गौरतलब है कि पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शनिवार को भोपाल में हुई समीक्षा बैठक के दौरान देवास औद्योगिक क्षेत्र में जल प्रदूषण के संबंध में बोर्ड के अधिकारियों को जाँच करने के निर्देश दिये थे

यह पानी आगे चलकर क्षिप्रा नदी को भी प्रदूषित कर रहा है लिये गये नमूनों की जाँच कर संबंधित उद्योगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी मरकाम प्रदेष शासन के मंत्री ओमकार मरकाम ने कहा कि डिण्डौरी जिले में षिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जायेगा जिससे विद्यार्थियों को उनके सुनहरे भविष्य निर्माण के लिए बेहतर षिक्षा मिल सके इस कार्य के लिए सभी प्राचार्य एवं षिक्षकों ने अवकाष के दिन भी काम करने का संकल्प लिया है जिससे आदिवासी बाहल्य जिले में विद्यार्थियों को बेहतर षिक्षा मिल सके कल कलेक्ट्रेट आडीटोरियम में श्री मरकाम ने कहा कि प्राचार्य एवं षिक्षक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से करें ओंकार महोत्सव खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आयोजित किया जा रहा ओंकार महोत्सव का आज अंतिम दिन है दो दिवसीय इस महोत्सव के पहले दिन कल मांधाता विधायक नारायण पटेल ने शुभारंभ अवसर पर ओंकार महोत्सव आयोजन के लिए कलेक्टर विशेष गढ़पाले के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षो में इस आयोजन को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जायेगा कलेक्टर श्री गढ़पाले ने अपने संबोधन में कहा कि ओंकार महोत्सव के माध्यम से यहां के इतिहास व संस्कृति की जानकारी नागरिकों को मिलेगी उन्होंने इस अवसर पर महोत्सव के तहत दो दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने इस अवसर पर कहा कि ओंकार महोत्सव के दौरान रात्रि में श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय गायन के लिए विख्यात सुश्री शुभा मुद्गल का गायन सुनने को मिलेगा साथ ही निलाद्री कुमार का जिटार वादन का आनंद भी रसिक श्रोतागण ले सकेंगे

उमरिया में कडाके की ठंड के चलते जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है राजगढ़ देवासष्षाजापुर रतलाम उज्जैन मंडला बालाघाट दमोह और ग्वालियर में शीतलहर चल रही है जबकि छतरपुर बैतूल होषंगाबाद सिवनी में तीव्र शीतलहर चल रही है

इस दौरान फसलों और पेड़ों पर ओस की बूंदे जमी नजर आई शीत लहर और पाले से दलहन फसल को काफी नुकसान हो रहा है वहीं दमोह जिले में कल न्यूनतम तापमान दो दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जिले में फसलों पर पाला पड़ने की आशंका जताई जा रही है

नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर गेहूं चना अफीम सहित रबी की दूसरी फसलों पर भी पाला गिरा है कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर नुकसान को लेकर कृछ भी नहीं कहा जा सकता

इधर सीहोर जिले में गिरते तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है बर्फ जमने से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है कृषि विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तापमान में कमी होने पर फसलों व सब्जियों की सिंचाई शाम के वक्त करें इससे फसलों को पाले से बचाया जा सकता है रात के समय खेतों के किनारे आग जलाकर धुंआ करें

उप पुलिस महानिरीक्षक धर्मेन्द्र चौधरी के अनुसार आज होने वाले कार्यक्रमों के लिये व्यापक रूपरेखा तैयार की गयी है कल पुलिस कंट्रोल रूम में होटल ढाबा लॉज और गार्डन संचालकों की बैठक ली गयी बैठक में तय किया गया कि नववर्ष के आगमन पर आज सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना क्षेत्रों में आवश्यक इंतजाम किये जाएं पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बताया कि सभी जनता हर्षोल्लास के साथ नया साल मनाती है इससे उनकी सुरक्षा करना और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो इसपर चौकसी रखना पुलिस का कर्तव्य है पुलिस ने लोगों से शराब पीकर वाहन न चलाने की समझाईश दी है

जहां शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर कार्यवाही की जायेगी इन्दौर ग्वालियर जबलपुर सहित सभी बड़े शहरों में पुलिस ने आज होने वाले नववर्ष के जश्न के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजात किये गये हैं

भिंड में कल राष्ट्रध्वज सम्मान ग्रप ने स्वाभिमान तिरंगा रैली निकाली

मुरैना जिले में सयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया